इस दौरान भाजपा शासित राज्यों में चल रहे जन कल्याण के कार्यों और सुशासन व गरीबों के हित की नीतियों पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी

इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखंड व हरियाणा से भाजपा नेता व कार्यकर्त्ता अटल जी को श्रद्वाजंलि देने यहां पहुंचेंगे

प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव दल को मौके पर भेज दिया गया है

नई दिल्ली में कल केन्द्रीय इस्पात मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नीति केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में खेल को बढ़ावा देने की बुनियादी सुविधाएं तैयार करेगी इससे मनोरंजन स्वास्थ्य स्पर्धा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा